चक्रवात की वजह से आज प्रदेश के कई स्थानों पर हुई बारिश उत्तरी छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर ओले गिरने की संभावना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 उनसे प्रछा गया था कि क्या सरकार के पास देश भर में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर शुरू करने की कोई योजना है कोरोना वायरस केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए तैयारियों के संबंध में राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के साथ चर्चा की उन्होंने वीडियो कान्फ्रेंसिग के जरिये स्वास्थ्य सचिवों और संबंधित मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ सामुदायिक जागरूकता निगरानी और अन्य व्यवस्थाओं के बारे में बातचीत की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 वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए कोन्द्र द्वारा जारी एडवायजरी के अनुसार आवश्यक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं राज्य कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर धर्मेन्द्र गहवई ने बताया कि जिला अस्पतालों में आईसोलेशन वार्ड बनाने के लिए कहा गया है

इस संबंध में स्कृल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है इसके अनुसार वर्ष दो हजार ग्यारह की जनगणना की सूची में शामिल अंत्योदय कार्डधारी परिवार के बच्चों को योजना का लाभ देने के लिए पात्र माना जाएगा स्मार्ट क्लास प्रदेश के शासकीय हायर सेकेण्डरी और हाई स्कूल के बच्चे अब स्मार्ट क्लास के माध्यम से पढ़ाई करेंगे इसके लिए चार हजार से अधिक हायर सेकेण्डरी और हाई स्कूलों में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित ई क्लास रूम और लैब की स्थापना की जा रही है इन स्कूलों में आध्निक तकनीक से उच्च ग्रणवत्ता पूर्ण पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा देने का इंतजाम किया जा रहा है योजना के पहले चरण में राज्य के सात जिले रायपुर बालोद बेमेतरा महासमुद राजनांदगांव दुर्ग और धमतरी के पांच सौ पन्द्रह स्कूलों में ई क्लास कम्प्यूटर ेलैब तथा सात सौ अडसठ स्कलों में डिजिटल क्लास रूम की स्थापना का काम पूरा कर लिया गया है स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने आज रायपुर में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में आईसीटी योजना के तहत मास्टर ट्रेनर्स के चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में यह जानकारी दी राशन कार्ड आधार लिंकिंग प्रदेश में राशनकार्ड धारी उपमोक्ता अब अपने राशन कार्ड में आधार लिंकिंग आगामी इकतीस मार्च तक करा सकेंगे आधार लिंकिंग के लिए समय बढ़ाने के संबंध में केन्द्रीय खाद्य मंत्रालय की ओर अधिसूचना जारी की गई है खाद्य विमाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने उपभोक्ताओं को नियत समय के भीतर अपने राशनकार्डो में आधार लिंकिंग कराने की सलाह दी है शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना में अब मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सकों से निःशुल्क इलाज कराने की सुविधा मी मिल रही है योजना के तहत अब तक दो लाख पन्द्रह हजार से अधिक मरीजों का इलाज किया जा चुका है आधिकारिक जानकारी के अनुसार स्लम क्षेत्रों में न केवल मोबाइल मेडिकल टीम के नियमित शिविर लगाए जा रहे हैं बल्कि योजना के तहत ँविशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा देने की नई सुविधा भी शामिल की गई है योजना के तहत अब तक करीब तीन सौ जगहों पर शिविर लगाकर मरीजों का इलाज किया गया है

सामान्य प्रशासन विमाग ने इसके पालन के संबंध में संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं गौरतलब है कि राज्य सरकार ने डॉक्टर नरेन्द्र देव वर्मा द्वारा लिखित छत्तीसगढ़ी गीत अरपा पैरी के धार महानदी हे अपार को राज्य गीत घोषित किया है इसका गायन सभी शासकीय कार्यक्रमों के प्रारंभ में किए जाने का निर्देश भी जारी किया गया था

इसका उद्देश्य कैंसर की रोकथाम पहचान और उपचार के लिए प्रेरित करना और लोगों में कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाना है इस मौके पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई स्थानों पर जन जागरूकता से संबंधित अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है इसी कड़ी में राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने जागरूकता रैली निकाली साथ ही नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को कैंसर के लक्षण और बचाव के तरीकों सहित अन्य जरूरी जानकारियां दी गई

इनमें से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरे युवक की हालत गंभीर बनी हुई है इस बीच राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रामसिंह ने जांजगीर चांपा जिले में बीत रात बस द्र्घटनाग्रस्त होने से घायल हुए मतदानकर्मियों के बेहतर उपचार के निर्देश दिए हैं उन्होंने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से बात कर दुर्घटना के बारे में जानकारी भी ली मिली जानकारी के मुताबिक जांजगीर चांपा जिले के लहंगा और सरवानी से अंतिम चरण का मतदान संपन्न कराने के बाद कुछ मतदान कर्मी और प्रलिस जवान बस में सवार होकर लौट रहे थे इसी दौरान सुवाडेरा गांव के पास यह बस अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर गई घायलों में से चार की हालत गंभीर बताई जा रही है इसी तरह अंबिकापुर के बतौली के पास भी बीती रात चुनाव ड्यूटी से लौट रहे पेट्रोलिंग वाहन को ट्रक ने टक्कर मार दी इस हादसे में एक महिला टीआई समेत पांच लोग घायल हो गए हैं हाथी मौत कोरबा जिले के वनांचल क्षेत्रों में हाथियों के हमले से कई लोगों की जिंदगी बचाने वाले युवक की दंतैल हाथी के हमले में मौत हो गई हमारी संवाददाता के अनुसार केंदई एतमानगर और जड़गा रेंज में बीते कई दिनों से हाथियों का एक दल आतंक मचा रहा है बीती रात लाद क्षेत्र में नाथू नाम का यह युवक हाथियों के दल को भगाने की कोशिश कर रहा था इसी दौरान दंतैल हांथी के हमले में उसकी मृत्यु हो गईं जांजगीर मौत जांजगीर चांपा जिले में एक महिला द्वारा अपने दो मासूम बच्चों की गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया है बच्चों के शव पड़ोसी के घर से बरामद किए गए हैं पुलिस के अनुसार बिरगहनी गांव में रहने वाले एक दंपत्ति के बीच आपसी विवाद हुआ था इससे नाराज होकर पत्नी से अपने तीन बच्चों को मारने की कोशिश की लेकिन इनमें से एक बच्चा किसी तरह बच गया सूचना भिलते ही पुलिस अधीक्षक पारूल माथुर ने मौके पर पहंचकर घटना का जायजा लिया मौसम तीन अलग अलग चक्रवात के असर से राज्य के मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है उत्तरी छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर ओले गिरने की संभावना है राजधानी रायपुर में आज सुबह से बदली छाई रही और हल्की बूंदाबांदी भी हुई वहीं कोरिया और कवर्धा सहित कुछ अन्य स्थानों पर भी दिन भर रूक रूक बारिश का दौर जारी रहा

राज्य सरकार ने भारतीय वन सेवा के पच्चीस अधिकारियों की नई पदस्थापना सूची जारी की है पंचायत और और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कल रायगढ़ में दोनों विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेंगे दूर्ग जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एसके निवसरकर को पद से हटा दिया गया है इस संबंध में आदेश जारी कर अपेक्षा व्यास को बैंक का नया सीईओ बनाया गया है